संक्रमण से अधिक प्रभावित जनपदों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए

चार हजार चार सौ इक्यावन मरीजों का चल रहा है उपचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एण्ड प्ले यानी लगाओ और चलाओ के दौर में आ गया है भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित पन्चानबेवे सालाना सत्र को कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केन्द्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रंखला तैयार की जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चूनौतियों का सामना कर रहा है आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले छह वर्षो के दौरान सरकार की नीतियों के केन्द्र में रही है कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है पूरी दुनिया इससे लड़ रही है कोरोना वारियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सबके बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है इससे हमें देश का बहुत बढ़ा टर्निंग प्वाइंट भी बनाना है ये टर्निंग प्वाइंट क्या है आत्मनिर्मर भारत आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्त् अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा किसानों और रूरत इक्नॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं उन्होंने एग्रीकल्वर इक्नामी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है सच्ची आजादी किसानों को मिली है अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है एपीएमसी एक्ट एसिएंशल कमोडिटी एक्ट उसमें जो संशोधन किए गए हैं किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है इन फैसलों ने किसान को एक प्रोडयूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास पहले यह नहीं थी प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधरित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के पंद्रह हजार नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें निरन्तर वृद्वि करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कोविड नाइन्टीन से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित करने और इस रोग से हुई मृत्यु के कारणों की मेडिकल समीक्षा करने के भी निर्देश दिए ताकि उपचार को और प्रभावी बनाया जा सके मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा मेरठ अलीगढ़ मुरादाबाद कानपुर नगर फिरोजाबाद गाजियाबाद बुलंदशहर गौतमबुद्वनगर और बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल लोकभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें श्री योगी ने सभी मंडलायुक्तों को संबंधित जनपदों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का लाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए उन्होंने आवास विभाग को किफायती दरों पर आवास तैयार करने के लिए तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाया जाएगा आयुष मंत्री श्रीपद यसोनाइक ने बताया कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित सामूहिक आयोजन नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड नाइन्टीन महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है डॉ भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड नाइन्टीन रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है इसी तरह प्रति लाख मृत्यू दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यू वाले देशों में है उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर उन्चास दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन से तीन सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही राज्य में अब तक बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर सात हजार दो सौ बानवे हो गयी है कल चार सौ अस्सी लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई जिसके बाद संक्रमितों की तादाद बारह हजार अट्ठासी हो गयी राज्य में चौबीस लोगों की मृत्यु भी हुई है बीमारी से अब तक कुल तीन सौ पैंतालीस लोग जान गंवा चुके हैं प्रदेश में फिलहाल चार हजार चार सौ इक्यावन मरीजों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कानपुर नगर में सबसे अधिक अड़तालीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या दो सौ अड़तीस हो गयी है गौतमबुद्वनगर जिले में इकतालीस नए मरीज मिले हैं लखनऊ में सत्ताईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है बुलंदशहर में तेईस लोगों में संक्रमण मिला है इसके अलावा जौनपुर जिले इक्कीस मेरठ में अट्ठारह रामपुर में सत्रह बरेली हरदोई में सोलह सोलह फिरोजाबाद मथुरा फतेहपुर उन्नाव में तेरह तेरह अलीगढ़ और मुरादाबाद में बारह बारह और कन्नौज में ग्यारह नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जौनपुर के भदेठी में दो दिन पूर्व दो गूटों में विवाद के बाद हुई आगजनी की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के विरूद्व गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्यवाही की जाए उन्होंने स्थानीय प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से दस लाख छब्बीस हजार चार सौ पचास रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उन्होंने पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य एक लाख रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के पीड़ित सात परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में मंगलवार को दो गुटों में विवाद के बाद दलितों के घरों में आगजनी की गयी थी इस मामले में अट्ठावन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक और मित्रतापूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है हाल के वर्षो में दोनों देशों के बीच बहु आयामी द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार हुआ है और इसमें विविधता आई है मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल कहा कि क्षेत्र में कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने की प्रधानमंत्री की पहल के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है उन्होंने बताया कि भारत ने पैरासिटोमोल और हाइड्रोक्सीनक्लोरोक्वीन जैसी दवाओं टेस्ट किट्स और अन्य चिकित्सा सामग्री सहित करीब पच्चीस टन चिकित्सा सहायता नेपाल भेजी है उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नेपाल और भारत में लॉकडाउन के बावजूद आवश्यक वस्तुओं का व्यापार और आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे भारत ने मानवीय आधार पर विदेशों में फंसे नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद की है किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल कल चित्रकूट जिले में देखा गया लाखों की संख्या में आयी टिड्डियों से किसानों को अपनी फसलों चिन्ता सताने लगी है प्रतापगढ़ जिले में टिड्डियों के संभावित प्रवेश से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने रसायन का छिड़काव करने तैयारी की है वहीं प्रयागराज कौशाम्बी और फतेहपुर जिला प्रशासन भी टिड़िडयों को लेकर सतर्क है सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को दस दस हजार रूपये की छात्रवृत्ति दे रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें